राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए फाईव ई पर दिया विशेष बल कांग्रेस ने की कोरोना महामारी के चलते जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग जनधन योजना केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे हुए हैं

प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग आठ करोड खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं नरेन्द्र मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की

इस अवसर पर वर्चअल रैली को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा जयराम ठाकर ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत को कोरोना महामारी से कम क्षति पहुंची है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हैल्पलाईन प्रदेश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वरदान साबित हुई है

सांसद रामस्वरूप शर्मा और स्थानीय विधायक कर्नल इन्द्र सिंह ने भी इस दौरान अपने विचार व्यक्त किए

उन्होंने सभी विमागों के अधिकारियों को अनखर्च धन का सही सही ब्योरा देने के निर्देश दिए ताकि इस धन राशि को अन्य विकास कार्यो के लिए बदला जा सके

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट काल में अनेकों लोग निजी क्षेत्र से नौकरी छोड़ प्रदेश में वापिस आए हैं जिन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत्त है सुरेश भारद्वाज शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर की खूबसुरती बढ़ाने और जंगलों को हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधारोपण की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज समरहिल के टीचर कॉलोनी में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बोल रहे थे उन्होंने वन विभाग को प्रदेश में रोपित पौधों को सुखने से बचाने के लिए उचित कदम उठाकर जीवंत दर बढाने के लिए प्रयास करने को कहा ताकि वन सम्पदा में बढोतरी के साथ साथ प्रदेश को हरा भरा किया जा सके इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने विश्वविद्यालय की विभिन्न मांगों को चरणबद्व तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया पौधारोपण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कलपति प्रोफैसर सिकन्दर कमार सहित अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है और समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं सरवीण चौधरी ने बरसात के इस मौसम में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को विशेष रूप से सजग रहने के निर्देश दिए बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इफेक्टिव एफिशियंट एम्पावर ईज और इक्विटी सहित फाइव ई पर विशेष बल दिया है वे आज पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से योग्यता रूचि और मांग के बिना प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृति से शिक्षा को बाहर लाना संभव हो पाएगा जिससे युवा वर्ग रचनात्मक और प्रतिबद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राज्य इकाई ने आज थानाकलां में कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया वीरेन्द्र कंवर ने इसके लिए इकाई का आमार जताते हुए कहा कि कोरोना काल में कटलैहड की जनता के सहयोग से धन संग्रह कर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया इसके अलावा जनता को मास्क व सैनेटाईजर सहित अन्य बचाव सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज सोलन में वन अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और जिले में चल रहे वन विभाग के कार्यों का जायज़ा लिया

उन्होंने वन अधिकारियों से अपना कार्य तनमयता से करने का आहवान किया ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके पठानिया ने कहा कि वन विभाग में कार्य करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग प्रदेश में ही बन रहा है जिससे अनापत्ति प्रक्रिया सरल होगी

इस फैसले के विरोध में आज पार्टी के राष्ट्रीय आहवान पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कलदीप राठौर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान स्थित महालेखा परीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की

राठौर ने कहा कि कोरोना की गंभीर चुनौती के मददेनजर केन्द्र सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करना चाहिए केन्द्र सरकार के फैसले के विरोध में शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया

मौसम प्रदेश मे आज मॉनसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी रहा राजधानी शिमला सहित अनेक स्थानों में झमाझम बारिश हुई इस बीच शिमला जिले में कुमारसैन तहसील की कोटीघाट पंचायत में निर्माणाधीन कोटीघाट डकोलू ँसड़क में हुए भू स्खलन से स्थानीय लोगों की कई बीघा जमीन क्षतिग्रस्त हो गई वहीं घरों को भी खतरा पैदा हो गया है

स्थानांतरित शिमला के स्कैंडल प्वाईंट स्थित सूचना केन्द्र व वाचनालय को आम लोगों की सुविधा के लिए रिज स्थित राज्य पुस्तकालय की धरातल मंजिल में स्थानांतरित किया गया है